भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों को भी निशाना बनाया जहां से भारत में आतंकियों की घ्सपैठ में मदद दी जा रही थी

सेना की कार्रवाई में नीलम घाटी स्थित कुछ आतंकी ठिकाने नष्ट हो गये और इस कार्रवाई में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है भारतीय सेना ने यह कार्रवाई कृपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की अकारण गोलीबारी के जवाब में की पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में दो भारतीय सैनिक शहीद हो गए और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई कठ्आ में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की खबरें हैं प्रदेश में विधानसभा की ग्यारह सीटों पर कल होने वाले उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं सम्बन्धित जिलों में चुनाव के लिये पोलिंग पार्टियां मतदान केन्द्रों पर पहुंच गयी हैं

राज्य पुलिस और पीएसी के अलावा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की भी तैनाती की गयी है हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश की ग्यारह विधानसभा सीटों पर कृल एक सौ नौ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं तेईस सौ सात मतदान केन्द्रों पर चार हजार पांच सौ उन्तीस बूथ बनाये गये हैं जहां इकतालीस लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इस चुनाव में भाजपा बसपा सपा और कॉग्रेस सहित सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं

इनमें से रामपुर और जलालपुर विधान सभा सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं वोटों की गिनती चौबीस अक्टूबर को होगी और इसी दिन परिणाम घोपीत किये जायेंगे

श्री योगी ने दीपावली से पहले सभी राज्य कर्मचारियों के वेतन का भृगतान करने को कहा है मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विमाग को त्यौहारों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति देने का भी ॅनिर्देश दिया श्री योगी ने सॅमी जनपदों में स्वच्छता अभियान चलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर जोर दिया पच्चीस अक्टूबर को लागू होने वाली मुख्यमंत्री कन्या समंगला योजना के बारे में श्री योगी ने जिलाधिकारियों को इसी दिन लाभार्थी बालिकाओं के खातों में धनराशि भिजवाने के निर्देश भी दिये हैं

इस अवसर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कोन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को कहा केन्द्रीय मंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना स्वच्छ भारत मिशन आयु मान भारत योजना का विशे जिक्र करते हुये इनके प्रचार प्रसार पर ध्यान देने को भी कहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोधीयों को किसी भी हाल में बखीा नहीं जाएगा मुख्यमंत्री ने पीडित परिवार से आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की उन्होंने परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया

प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बस्ती के छात्र नेता कबीर तिवारी की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी को लखनऊ के अशियाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है एसटीएफ के वरि ठ पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण ने बताया कि मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह को कल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया ँ अभिजीत के खिलाफ हत्या आदि के सात मामले दर्ज हैं